रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल थल और वायु सीमा पर चीनी गतिवधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है

जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके इलाज के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है

राज्य में कोरोना से मृत्यु दर शून्य दषमलव पांच दो प्रतिशत है

अबतक राज्य में एक हजार चार सौ छियालीस लोग स्वस्थ हो गए हैं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

दुमका देवघर हजारीबाग में भी लैब स्थापित किया गया है वहां भी आर्टिफिशियल मशीन लगाये जाएंगे साथ ही चार प्राइवेट लोगों को भी स्वीकृति दी गई है उन्होंने कहा कि झारखंड का रिकवरी रेट बहत अच्छा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल एमजीएम अस्पताल में मीडिया से बात कर रहे थे देश के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें कृषि ग्रामीण विकास छोटे बड़े उद्योग से जोड़ेगी

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआइआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

दुमका जिले में पुलिस को विस्फोटकों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के जामा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है

विस्फोटकों के इस जखीरे को दुमका जिले के नक्सल प्रभावित शिकारीपाडा प्रखंड क्षेत्र में ले जाया जा रहा था पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है

रामगढ़ जिले में कुजू ओपी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में फर्जी कागजात के जरिये बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला कारोबार मामले को लेकर लातेहार पुलिस ने छापेमारी की है इसमें जाली पेपर के जरिये अवैध कोयला का कारोबार होने का खुलासा हुआ है कोयला चोरी का केस लातेहार में हुआ था जिसके तार रामगढ़ जिले के कुजू से जुड़े मिले हैं कुजू में अवैध कोयला का जाली पेपर बनाने के कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है

इसे विश्वस्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा दिसंबर में सभी राज्यों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सामने अपने दो दो चिड़ियाघरों का प्रजेंटेशन दिया था जिसमें रांची के बिरसा जू का चयन किया गया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस विषय की जानकारी राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पीके वर्मा को दी है

ये बातें उन्होंने कल जमशेदपुर में पत्रकारों से में कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम को द्रुस्त करने के लिए कई सकरात्मक पहल किर्ये हैं

श्री गुप्ता ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत आ रही थी कि कई गरीबों और जरूरतमंदों को इलाज तो निःशुल्क मिल जाता थालेकिन कभी कोई दवा जो एमजीएम में उपलब्ध नहीं हो पाती थी या कोई अन्य सामानों के लिए पैसे देने पड़ते थे या बाहर से खरीदने होते थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के कारण इलाज में कमी रह जाती थी उन्होंने बताया कि ये एक छोटा सा प्रयास हैं ताकि जरूरमंद को मदद मिल सके लोहरदगा जिला में मानसून के दस्तक देने के साथ ही किसान खेती के काम में जुट गए हैं इस बार दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर भी अपने गांव में अपने खेतों में खेती कर रहे हैं

दुमका के दिसोम मरांग बुरु युग जाहेर आखड़ा ने मुख्यमंत्री से रामेश्वर मुर्मू के हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है आखड़ा ने दुमका जिले के क्क्रतोपा गांव के मांझी थान में संताल रीति के मुताबिक पानी डालकर रामेश्वर मुर्मू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की आखड़ा के नेतृत्वकर्ता मंगल मुर्मू और छोटो मुर्मू ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है

और संक्षिप्त खबरें कोरोना संक्रमण से संषर्घ में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित स्वास्थ्य बीमा अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दी गयी है अब यह योजना सितम्बर तक लागू रहेगी पहले यह तीस जून को समाप्त हो रही थी

उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अभ्यास कर सकते हैं